इसमें प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है रेपोरेट पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत वहीं रिवर्स रेपोरेट चार दशमलव नौ प्रतिशत ही रहेगी

बैंक ने निकट भविष्य में मुद्रास्फिति को परिदृश्य बेहद अनिश्चित बताया है साथ ही निकट भविष्य में मुद्रास्फिति के उच्च बने रहने की आशंका भी व्यक्त की है

इससे पहले इनकी फांसी की सजा पर रोक के खिलाफ केन्द्र की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था इसके खिलाफ केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी

अब द्पहिया वाहन खरीदने पर वाहन डीलर्स को खरीददार को एक हैलमेट निःशुल्क देना अनिवार्य होगा

आरटीओ और डीटीओ कार्यालय में हैलमेट की रसीद देने के बाद ही दुपहिया वाहन का पंजीयन होगा कल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में दुपहिया वाहन डीलर्स के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की

बैठक में किन्नर समुदाय के लिए योजना बनाने और उन्हें लागू करने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा जैसलमेर का प्रसिद्ध मरू महोत्सव आज से शुरू हो गया है इस कडी में पोकरण में भव्य शोभायात्रा निकाली गई इस दौरान मेहंदी मटका दौड़ और रस्साकशी सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जैसलमेर के गढ़सीसर झील पर आज शाम दीपदान और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा इस दौरान गढ़सीसर झील से लक्ष्मीनाथ मंदिर तक विरासत पैदल यात्रा भी की जाएगी महोत्सव के तहत विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम होंगे

इसमें कवि प्रदीप के मशहूर गीतों का गायन होगा इस दौरान उनके द्वारा रचित गीत ए मेरे वतन के लोगों हम लाए है तूफां से कश्ती निकाल के और आओ बच्चों तृम्हे दिखाएं जैसे गीत अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा गाए जाएंगे इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान उर्दू अकादमी और कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग की ओर से किया जा रहा है

इन नियुक्तियों से दो हजार से ज्यादा युवक युवतियों को रोजगार मिलने को साथ प्रदेश में पश् चिकित्सा सेवाए मजबूत होगी

इन्हें खाली पदों पर नियुक्ति देकर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि नए कार्मिको की नियुक्ति से पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा

कल आर्थिक और सांख्यिकी सचिव अभय कुमार ने इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया है